आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को भी बढ़ाया गया है

पांच करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियों के देरी से जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर कोई ब्याज पैनल्टी और लेट फीस नहीं होगी वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक ग्राहक अपने डेबिट कार्ड से किसी भी एटीएम से बिना शुल्क के तीन महीने तक निकासी कर सकेंगे न्यूनतम बैलेंस की भी कोई सीमा नहीं रहेगी

शेष विभागों को अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा

सीएम अपील म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आमजन से लॉक डाउन में अपनी सहभागिता निभाने और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं आवश्यकता पड़ने पर सख्ती भी की जाएगी इसके लिए ढांचा तैयार करते हुए लोवर लेवल तक इसके लिए टास्क फोर्स का गठन करके इसे नियंत्रित किया जाएगा

सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और द्कानें बंद हैं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्लिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है राजधानी देहरादून में सड़कों पर इक्का द्क्का लोग ही नजर आये प्लिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है हरिद्वार में सुबह तीन घंटों की रियायत के बाद सभी द्कानें बंद कर दी गई और लोग घरों में लौट गए अल्मोड़ा में तीन घंटे दुकानें खुलने के बाद पुलिस ने दुकानों को बंद करवाया और आवश्यकतानुसार सख्ती भी की गई ऊधमसिंह नगर जिले में पूलिस प्रशासन दूसरे राज्यों से आने वालों के हाथों पर मुहर लगा रही है

अन्य जिलों में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला पीएम संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वे नोवल कोरोना महामारी से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी साझा करेंगे कोरोना वायरस का संकट उत्पन्न होने के दौरान छह दिन में प्रधानमंत्री का यह दूसरा संबोधन होगा सूचना और प्रसारण निर्देश सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस समय प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी लोगों तक पहंचाने के लिए संचार साधनों का स्चारू रूप से काम करना अति आवश्यक है मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के म्ख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि वे यह स्निश्चित करें कि कोरोना को देखते हए मीडिया गतिविधियों से ज्ड़ी सभी संस्थाओं को स्चारू रूप से काम करने की स्विधा मिले इनमें केबल ऑपरेटर डीटीएच सेवाएं और साम्दायिक रेडिया स्टेशन भी शामिल हैं पत्र में कहा गया है कि मीडिया कर्मियों को ले जाने वाले वाहनों पर भी किसी तरह का प्रतिबंध न लगाया जाये कोरोना वायरस मदद हरिद्वार जिला और क्म्भ मेला प्रसाशन ने निजी संस्थाओं और आश्रमों के सहयोग से गरीब संतों और घ्मंत्ओं को आज भोजन पैकेट उपलब्ध करवाए प्रशासन ने लोगों से अन्न दान करने की अपील भी की बता दें कि हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में आश्रम और अखाड़े हैं जिनमें गरीब संत और घ्मंत् लोग भोजन कर अपना जीवन यापन करते हैं कोरोना वायरस संकट से ऐसे लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है डब्ल्यू एच ओ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में घातक नोवल कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी पर काबू पर में पूरी तरह सक्षम है क्योंकि वह अतीत में भी चेचक और पोलियो का उन्मूलन कर च्का है विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत ने लक्षित सार्वजनिक हस्तक्षेप के जरिये चेचक का खातमा करके विश्व को अन्पम उपहार दिया संगठन के कार्यकारी निदेशक मिशेल रयान ने कल जिनेवा में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि भारत ने इसी तरह पोलिया का भी उन्मूलन किया